पश्चिम बंगाल में सोदेप्र में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता

आज हरिदवार में उन्होंने कृषि विधेयकों पर ख्शी जताई उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से किसानों को मंडी श्ल्क से भी छ्टकारा मिलेगा और किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए बिचैलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इससे किसानों के जीवन में ख्शहाली और समृद्धि आएगी उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह एक बार ख्द इस बिल की समीक्षा करें उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों के भविष्य के लिए बहृत ही महत्वपूर्ण साबित होगा

उन्होंने वर्च्अल माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता किसानों के बीच में जायेगी और उनको जानकारी देगी कि इस बिल को लाने का उद्देश्य सिर्फ किसानों को अधिक सशक्त बनाना है उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश से किसानों को मजबूती मिलेगी इस बिल के लागू होने से किसानों को बिचौलियों से म्क्ति मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान मजदूरों के लिएं कई कल्याणकारी कार्य किये हैं

उन्होंने बताया कि राज्य में जो नये एसटीपी बने हैं वे सभी अत्याध्निक हैं इनमें सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल कम्पोस्ट के रूप में किया जायेगा उन्होंने बताया कि जगजीतप्र में बने एसटीपी में जिस आध्निक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसकी तारीफ स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवां ग्स्ताफ ने भी अपने उत्तराखंड भ्रमण के दौरान की थी

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा क्शवाहा ने कहा कि जनपद स्तर पर कन्टेनमेंट जोन और कोविड केयर सेन्टरों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी पारदर्शिता के साथ अन्पालन कराया जाए

इस संबंध में आज आईएमए कमाण्डेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भैंट की

उन्होंने कहा कि आईएमए में दो टनल बनेंगे एक आर पार जाने के लिए और एक आने के लिए उन्होंने कहा कि परेड के दौरान आईएमए में स्रक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को चिंता रहती थी इसलिए रक्षा मंत्री से दो स्रंगों के लिए अन्रोध किया गया था इन स्रंगो के बनने से परेड के दौरान लोगों को आवाजाही में होने वाली समस्या दूर होगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा हमारी वेबसाइट न्य्ज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्य्ज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्य्ज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के य्ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा एडवेंचर फेस्टिवल पौड़ी जिले के नयारघाटी क्षेत्र में आज हिमालयन एयरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग की उड़ानें भरकर एडवेंचर फेस्टिवल की तैयारियों का आगाज किया

इससे पहले नयारघाटी में जल क्रीड़ाओं में रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के विशेषज्ञों ने जल क्रीड़ा की संभावनाएं तलाशी थी आज पैराग्लाइडिंग की उड़ानें भरी गई आज पैराग्लाइडरों ने ढाढ़ूखाल से बिलखेत तक पैराग्लाइडिंग के अलग अलग ट्रैक की पहचान की इस सर्वे के लिए आठ पायलटों ने उड़ान भरी यहां पहली बार मोटर पैराग्लाइडिंग भी हई नयारघाटी क्षेत्र में अगले महीने राष्ट्रीय स्तर का एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा साहसिक खेल विशेषज्ञों का कहना है की ये गतिविधियां युवाओं के लिए रोजगार के नये रास्ते बनाएगी मंडवा एवं झंगोरा चमोली जिले के द्रस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को मंड्वा और झंगोरे का उचित दाम मिलेगा उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के अन्तर्गत जिले में गठित सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से उचित मूल्य पर मंड्वा और झंगोरा खरीदा जाएगा

जिले में नारायणबगड गैरसैंण थराली दशोली ब्लाक के छिनका और कर्णप्रयाग ब्लाक के ढंगल्वाली में क्रय केन्द्र बनाया गया है सहकारी संघ ने इनकी दरें भी निर्धारित की है